इसमें राज्य स्तरीय परीक्षा के बाद प्रवेश दिया जाएगा प्रदेश में स्नातकोत्तर और रिसर्च के लिए आवासीय साइंस कॉलेज की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है आज छात्रों से ई संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सभी सदगुणों की जननी होती है इसलिए जो भी कैरियर बनाएं उसमें देश के लिए कुछ करने का मकसद होना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का य्ग कड़ी प्रतिस्पर्धा का है उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अन्रूप बदलना होगा इसी सोच के साथ सीपैट और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई उन्होंने कहा कि नेशनल लॉ युनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी श्रू किया जाएगा उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ एपीजे अब्द्रल कलाम की आज प्ण्य तिथि है वे सेना में अधिकारी बनना चाहते थे देहरादून में साक्षात्कार के लिए आए लेकिन उसमें सफल नहीं हए निराश अब्द्ल कलाम का ऋषिकेश में एक संत ने मार्गदर्शन किया इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किए और न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक बने बल्कि देश के राष्ट्रपति बने उन्होंने छात्रों से अब्द्ल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा हाईकोर्ट एनआईटी नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के स्थायी परिसर के मामले में केन्द्र सरकार को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्थायी परिसर के मामले में वह चार महीने के अंदर ठोस निर्णय ले

अदालत ने कहा कि सरकार स्थायी परिसर पर फैसला करते वक्त छात्रों की स्रक्षा का ध्यान रखे अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि श्रीनगर स्थित अस्थायी परिसर में सभी ढांचागत स्विधाओं का विकास किया जाए

पश्पालन सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पश् नस्ल में स्धार और उच्च आन्वांशिक ग्णवत्ता के पश्ओं की संख्या में वृद्धि करके पश्पालकों की आजीविका में वृद्धि करना है

विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में गंगाजल और उत्तराखंड के सिद्ध पीठों की मिट्टी भेजने का फैसला किया है आज हर की पैड़ी पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर गंगाजल कलश में भरा गया साथ ही एक अन्य कलश में मिट्टी भरी गई जिसे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहंचाएगी इस मौके पर श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य यूग प्रुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं का इंतजार अब खत्म हआ है विश्व हिन्द्र परिषद के जिलाध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि राम मंदिर के लिए प्रे देश से गंगाजल और तीर्थों की मिट्टी भेजने का फैसला किया गया है इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शामिल हईं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज छात्रावास और तहसील भवन का शिलान्यास किया उन्होंने शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शहीद दुर्गामल्ल की मूर्ति का अनावरण भी किया इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि डोईवाला में जब इस महाविद्यालय की श्रूआत हर्ई थी तब लच्छीवाला में प्राइमरी स्कूल के दो कमरों में इसकी कक्षाएं चलती थी बाद में स्थानीय लोगों ने महाविद्यालय को भूमि दान में दी

उन्होंने कहा कि राज्य में विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है

इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला में यह छात्रावास एक साल के अन्दर बनकर तैयार हो जायेगा

उन्होंनेअधिकारियों को आईसीएमआर की गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिये उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही जिले के स्दूर पर्वतीय इलाकों में भी सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई जाए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि साम्दायिक संक्रमण रोकने के लिए सभी कारगर उपाय किये जाएं उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बेहतरी के लिए सभी आवश्यक स्विधाएं अस्पताल में उपलब्ध कराने को कहा

उधर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक अगस्त को ईद उल अजहा को जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने निर्देश दिये कि मुस्लिम समुदाय के लोगों कोरोना के चलते अपने अपने घरों में ही त्योहार मनाने के लिए जागरूक किया जाए साथ ही पश्ओं की क्र्बानी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित कवर्ड स्थल की जाए आपको बता दें कि कोरोनो संक्रमण के मद्देनजर इस साल कांवड़ मेला और सोमवती अमावस्या के स्नान को भी स्थगित किया गया था मौसम राज्य के पर्वतीय अंचल में लगातार हो रही बारिश से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है मौसम विभाग ने कल और परसो प्रदेश के क्छ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश बारिश का अलर्ट जारी किया है उधर पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के धामी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया इस आपदा में एक व्यक्ति की मृत्य् हो गई जबकि एक लापता है ग्राम प्रधान क्मेर राम आर्य ने बताया कि क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से देर रात गांव के ऊपर स्थित पहाड़ी में भूस्खलन हुआ जिसकी जद में मकान आ गया मकान में मां और बेटा सो रहे थे ग्रामीणों को घटना की जानकारी सुबह मिल पायी जिसके बाद जिला मुख्यालय को सूचना दी गई राहत और बचाव दल ने मलबे से एक का शव बरामद कर लिया उधर ग्राम गूठी में बारिश से एक महिला की मृत्य् हो गई जल जीवन मिशन चम्पावत जिले के चारो विकास खंडों में हर घर नल योजना के तहत डीपीआर तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है